टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा टीकाकरण अभियान की शुरूआत में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के तीन हजार छह सौ केन्द्र वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये आपस में जुडेंगे शुरूआत में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर रोजाना करीब एक सौ लाभार्थियों को टीका दिया जायेगा

प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल से शुरू होनेवाले कोरोना टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को टीके की दो डोज लेनी होगी जो अठाइस दिनों के अंतराल पर दी जाएगी विशेषज्ञों ने बताया कि टीका लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

राज्य में पहले चरण में लगभग साढ़े तीन लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि टीकाकरण के लिए निबंधित लाभुकों की पहचान सुनिश्चित होने के बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी टीकाकरण केंद्रो में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन समेत सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की जायेगी टीका का पूरा डोज लेने वालों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनका हेल्थ आईकार्ड बनाया जाएगा इधर बोकारो जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं सदर अस्पताल परिसर स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर और चंदनकियारी के सामुदायिक स्वास्थ्य में बनाए गए केंद्र में पहले दिन दो सौ लोगों का टीकाकरण होगा यहां पहले चरण में लगभग ग्यारह हजार पांच सौ तैंतालीस लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है कोडरमा जिले में तीन हजार लोगों के टीकाकरण के लिए कुल नौ टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं खूंटी जिले में शिशु स्वास्थ्य केंद्र और कर्रा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया है उपायुक्त ने आज वैक्सीन स्टोर का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी जमशेदपुर में टीएमएच अस्पताल और एमजीएम कॉलेज में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं हर केंद्र मे प्रतीक्षा कक्ष वैक्सीनेशन चेंबर और ऑब्जर्वेशन रुम की व्यवस्था की गई है इसके अलावे अन्य जिलों में भी टीकाकरण की तैयारियां पुरी कर ली गयी है प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के छह सौ जिलों में शुरु हुआ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में दो हजार बीस इक्कीस के दौरान नौ सौ उनचास करोड़ रुपये की लागत से आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार पंद्रह में स्किल इंडिया कार्यक्रम की श्रुआत की थी पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में नौवें दौर की वार्ता हुई कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से कहा कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया

कृषि मंत्री ने बताया कि आज की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किसान संगठनों को ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक अनौपचारिक ग्रप गठित करने का सुझाव दिया गया है ताकि इन प्रस्तावों पर अगले दौर की वार्ता में चर्चा की जा सके कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों की चिंताओं को चिन्हित कर लिया है और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं एक सवाल के जवाब में श्री तोमर ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी अगर इस संबंध में उससे पूछा जाता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के सम्बोधन के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश किया जायेगा मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिर्पोटों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही पन्द्रह फरवरी को स्थगित हो जायेगी बजट सत्र का दूसरा भाग आठ मार्च को शुरू होगा सत्र के आठ अप्रैल को सम्पन्न होने की संभावना है

आज नई दिल्ली में दो दिन के अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन प्रारंभ के उदघाटन सत्र में श्री गोयल ने कहा कि जब हम देश के विभिन्न भागों में साझेदारी की भावना से एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हम एक दूसरे के अनुभवों से नई बातें सीखेंगे इससे आपस में मदद करने और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बनेगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में भारत में इक्तालीस हजार से अधिक स्टार्टअप कंपनियां स्थापित किये गए हैं और भारत में इनके तेजी से गठन के लिए बेहतरीन माहौल बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कल शाम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे

समारोह में भारत की उन्नीस फिल्मी हस्तियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत की नौ हस्तियों की फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ था कोरोना महामारी की वजह से हाईब्रिड फॉर्मेर्ट में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में कुल दो सौ चौबीस फिल्में दिखाई जायेंगी और यह चौबीस जनवरी को सम्पन्न होगा प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमिटी टीएसपीसी का रिजनल कमांडर और पन्द्रह लाख का ईनामी उग्रवादी मुकेश गंझू ने आज चतरा जिले में पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने कहा कि पत्रकार हत्याकांड और टेरर फंडिंग समेत कई कांडों में एनआईए और झारखंड पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश दी राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि लॉक डाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है

राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवीराव ने कहा है कि झारखंड पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी समुचित कदम उठाएगी उन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रांची के ओरमांझी में युवती की हुई हत्या मामले का उद्भेदन और आरोपी की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर निर्भया ऑफ रांची कैंपेन चलानेवालों को पुलिस नोटिस भेजेगी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के मामले में छियतर नामजदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें छत्तीस को गिरफ्तार किया जा चुका है हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दो सौ अठासी आवासों के लिए लाभुकों को आज स्वीकृति पत्र दिया गया लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया इस मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उददेश्य सभी को अपना घर उपलब्ध कराना है उन्होंने उम्मीद जताई कि इन आवासों का निर्माण चार माह में पूरा कर लिया जाएगा श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को कम कीमत में आवास उपलब्ध हो सके झारखंड उच्च न्यायालय को राज्य सरकार ने बताया है कि द्वकानों में गुटखा और पान मसालों की एक साथ बिक्री नहीं हो रही है सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के तहत जो दुकानदार गुटका की बिक्री करेंगे वे पान मसाला नहीं बेचेगें मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि गुटखा बैन होने से पहले और गुटखा बैन होने के बाद इससे बीमार होने वाले लोगों का आंकड़ा जुटा रही है सरकार के जवाब के बाद अदालत ने राज्य में गुटखा की बिक्री बंद करने संबंधी दायर जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया है ब्रिसबेन में भारत के साथ खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक आस्ट्रेलिया ने पहली बार में पांच विकेट पर दो सौ चौहतर रन बना लिए हैं इससे पहले आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पैन के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया आस्ट्रेलिया के लिए मारनस ने एक सौ आठ रनों की पारी खेली भारत के लिए टी नटराजन ने दो और मोहम्मद सिराज शार्दुल ठाक्र तथा वाशिंगटन सुंदर ने एक एक विकेट लिए भारत ने इस टेस्ट मैच को लेकर टीम में चार बदलाव किए हैं वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन ने टेस्ट डेब्यू किया है संक्षिप्त खबरें

जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज बताया कि महिला की हत्या के आरोप में उसके ससुराल के सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस हत्याकांड में इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है

नेहरू युवा केंद्र और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से लगाए गए इस शिविर में कई स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया